भारत के महत्वाकांक्षी चन्द्रयान मिशन के तहत चन्द्रयान टू मध्य रात्रि के बाद चन्द्रमा की सतह पर उतरेगा पहली बार कोई भारतीय प्रक्षेपण यान चांद की सतह पर उतरेगा इस उपलब्धि के बाद भारत चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरने वाला पहला और चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन जायेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम को चांद की कक्षा से निकालकर चांद की सतह पर सहजता से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया देर रात एक से दो बजे के बीच की जाएगी इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन के अनुसार प्रक्रिया शुरू होने पर लैंडर विक्रम को चांद के दक्षिण ध्रव पर उतरने में केवल पन्द्रह मिनट का समय लगने की उम्मीद है

अब तक हमने जितने आपरेशन किए हैं वह आर्बिटर पर किए है

आर्बिटर और लैंडर के बीच आपस में संपर्क रहेगा तथा ये बेंगलुरू के पास ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना से भी संपर्क साध सकेंगे रोवर चांद की सतह से जानकारी इकट्टा कर लैंडर तक पहुंचाएगा फिर लैंडर अपनी और रोवर से मिली जानकारी धरती पर पहुंचाएगा

वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर उतरते समय लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह की अच्छी तरह जांच करेगा उसमें निर्मित विशेषताओं के जरिए उसे सही जगह उतरने में मदद मिलेगी लैंडर विक्रम में एक सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिससे सतह के करीब पहुंचने पर वह उतरने का रास्ता खुद तय करेगा बैंग्लुरू से जयसिंह की एक रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान टू मिशन भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और द्रढ़ता की भावना को प्रदर्शित करता है और इसकी सफलता से करोड़ों भारतवासियों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वर्ष दो हजार उन्नीस भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक वर्ष बनेगा

भारत के स्पेश मिशन्स की पूरी दुनिया आज चर्चा कर रही है इसरो के हमारे वैज्ञानिकों हमारे इंजीनियर्स की क्षमताओं की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है दुनियां हैरान है कि आखिर इतने समिति बजट में सिर्फ और सिर्फ अपने स्कील एफिसिएसी और डिसिप्लीन के दम पर ऐसे परिणाम हम कैसे हासिल कर पा रहे हैं इधर अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से चंद्रयान टू के चांद के दक्षिणी ध्रव पर उतरने के खास लम्हों को देखने का अनुरोध किया है उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी डालने को कहा जिसमें से कुछ को वे रिट्वीट करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चन्द्रयान की लैंडिंग के गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे उनके साथ देशभर के हाई स्कूल के लगभग सत्तर विद्यार्थी होंगे जिनका चयन चंद्र मिशन के बारे में राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता से किया गया है बोधगया के एक निजी स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा सौम्या और पटना से छात्र हर्ष प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान टू की लैंडिंग देखेंगे सौम्या मूल रूप से नवादा जिले की रहने वाली हैं आकाशवाणी से बातचीत में सौम्या ने कहा कि वह इंजीनियर बन अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाना चाहती हैं

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आज इस संबंध में समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि कार्यालयों में हर महीने बिजली खपत की निगरानी की जायेगी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में इकतालीस हजार करोड़ रुपये का और निवेश करेगी औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र ने प्रदेश के लिए चौहत्तर हजार करोड़ रुपये के निवेश का कार्यक्रम तैयार किया है जिसके तहत तैंतीस हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है उन्होंने कहा कि इस निवेश से जल्द ही बिहार द्रसरे राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करने की स्थिति में आ जायेगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि छह सौ साठ मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई से बिहार को पांच सौ पन्द्रह मेगावाट बिजली मिलेगी परियोजना की कुल क्षमता उन्नीस सौ अस्सी मेगावाट है मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित एक निजी फाइनांस कंपनी के कार्यालय से हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े सत्रह लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली पुलिस उपाधीक्षक रामनरेश पासवान ने बताया कि ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने हथियार के बलपर कर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया कल भी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की हुई घटनाओं में अपराधियों ने लगभग साढ़े चौदह लाख रूपये लूट लिए थे

ये गिरफ्तारी सिकंदराबाद एक्सप्रेस से हुई है गिरफ्तार अपराधी अररिया जिले के रहने वाले हैं बक्सर रेल पुलिस ने चारों लुटेरों को हैदराबाद से आई पुलिस टीम को सौंप दिया है वैशाली जिले में पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक सौ सत्तर कार्टन शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है वहीं प्रर्णिया जिले के सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नवरत्न हाता स्थित एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया एके सैंतालीस राइफल के साथ वायरल हुए एक वीडियो के मामले में पुलिस ने विवेका पहलवान के पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नदवां गांव स्थित घर पर छापेमारी की है साथ ही विवेका पहलवान के दो अन्य सहयोगियों के घर में भी छापेमारी की गयी है

इनमें एक सौ सत्तावन इंस्पेक्टर और एक सौ पच्चीस सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं

इलाजरत बच्चों में सात की स्थिति नाजुक बनी हुई है

पूरे विश्व की निगाहें इस अभियान पर